इसके बाद संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि तीस जून से पहले कारखाने में उर्वरक का उत्पादन श्रू हो जाएगा उन्होंने कहा कि आठ हजार करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किये जा रहे खाद कारखाने से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर का खाद कारखाना छब्बीस वर्ष पूर्व बन्द हो गया था जिसे वर्ष दो हजार सोलह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिलान्यास कर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक कारखाने से उत्पादन शुरू होने के बाद देश प्रदेश के किसानों को पर्याप्त उर्वरकों और रसायनों की आपूर्ति हो सकेगी मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री को धन्यवाद देते हए कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार ने किसानों को उर्वरक और रसायन की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया केन्द्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने बताया कि देश में इस समय उर्वरक की कुल खपत तीन सौ बीस से तीन सौ तीस लाख मीट्रिक टन है इसमें से वर्तमान में अस्सी से नबे लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार आयात को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष दो हजार सोलह में केन्द्रीय कैबिनेट ने देश में पांच उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी उन्होंने कहा कि गोरखपुर खाद कारखाने के अलावा अन्य कारखाने भी जल्द शुरू करने के लिये तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही आज बजट को स्वीकृति देने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई सदन की कार्यवाही दस मार्च तक चलनी थी लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधानसभा सदस्य पंचायत चुनाव के सम्बंध में अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गये हैं इसलिए विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का निर्णय लिया गया है सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए

यह प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब उसका उपयोग समाज में व्याप्त क्रूतियों को दूर करने के लिए किया जाए प्रयागराज में आज राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए करें उन्होंने कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष दो हजार तीस तक पचास प्रतिशत य्वाओं को उच्च शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है श्रीमती पटेल ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रारंभिक स्तर से ही प्रयास करने होंगे इससे पूर्व राज्यपाल ने कल मिर्जापूर में टीबी मरीजों के संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया इस दौरान उन्होंने समी शिक्षकों से अपील की कि वे टीबी के मरीजों को गोद लेने और उनकी देखभाल के लिए आगे आएं उन्होंने जिला प्रशासन को भी सुझाव दिया कि क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर सभी शिक्षकों को अभियान से जोड़ा जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चला रही है इसके लिए समाज के सभी वर्गो के लोगों को आगे आना चाहिए राज्यपाल ने इस दौरान क्षय रोगियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौं उन्नीस नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान एक सौं चौदह लोग स्वस्थ हुए हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है और कल एक दिन में एक लाख अट्ठारह हजार पांच सौ पैंतालिस नमूनों की जांच की गयी उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कोविड के टीके उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्पित है श्री प्रसाद ने बताया कि आज प्रदेश में दो हजार तीन सौ से अधिक केन्द्रों पर गम्भीर बीमारी से पीड़ित पैंतालीस वर्ष से साठ वर्ष की आयु के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोविड टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर चार हजार से ज्यादा कर दी जाएगी अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण अब सत्तर एकड़ से बढ़ाकर एक सौ सात एकड़ भूमि पर किया जाएगा इसके लिए श्रीराम जन्मभुमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सात हजार दो सौ पचासी वर्ग फीट अतिरिक्त भूमि खरीदी है यह भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिये दी गयी सत्तर एकड़ जमीन से लगी हुई है